रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारों को साबरमती नदी की तर्ज पर किया जाएगा विकसित एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

इन हवाई सेवाओं के बाद देहरादून जम्मू अमृतसर और जयपूर से जुड़ जाएगा

देहरादून से जम्मू अमृतसर और जयपुर के लिए सीधी हवाई यात्रा का लाभ यात्री उठा सकेंगे इन सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आने में आसानी होगी साथ ही प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा स्लग नदी एमओयू रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारों को साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा साथ ही इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आवासीय और अनावासीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा दोनों नदियों के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए साबरमती रीवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और एमडीडीए ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये इन क्षेत्रों में अतिक्रमण की रोकथाम और नदियों के प्रवाह को भी विकसित किया जायेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल के अन्दर इन नदियों का पुनर्जीवीकरण हो सकेगा इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा उन्होंने कहा कि जल्द सौंग बांध का कार्य भी शुरू किया जायेगा इसके लिए केन्द्र सरकार से मदद मांगी गई है और प्रदेश सरकार ने अपने बजट में भी इसका प्रावधान किया है स्लग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो देहरादून की ओर से अनुबंधित कलाकारों का दल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक नृत्य और लोक कलाओं के जरिये लोगों को जागरूक कर रहा है इसी कड़ी में आंचल कला केंद्र के कलाकरों ने चम्पावत जिले के दूरस्थ गांवों रायकोट कुंवर रायकोट महर त्यारसौं गोशनी मानर और पाटी में नुक्कड़ नाटक नृत्य और गीतों के जरिए लोगों को बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए जागरूक किया साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों को सम्मानित भी किया गया स्लग सतपाल महाराज पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों और पौराणिक मान्यता के स्थलों को भी पर्यटन से जोड़ने की रणनीति बनायी जा रही है पौड़ी में पोखड़ा विकास मेले में पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी दी उन्होंने कहा कि पहाड़ों में साहसिक ट्रिज्म रोपवे झील आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि चारधाम और आस्था से जुड़े अन्य स्थलों को पर्यटन की दृ ष्टि से भी विकसित किया जा रहा है पौड़ी जिले के प्रसिद्ध मंदिर दीवा देवी को विशेष प्रोजेक्ट को रूप में तैयार किया जा रहा है पर्यटन मंत्री ने कहा कि थलपाणी से दीवा का डांडा तक रोपवे का निर्माण किये जाने के लिए सर्वे भी किये जा रहे हैं इसके अलावा राज्य के कार्तिकेय स्वामी मंदिर यमुनोत्री केदारनाथ और नीलकंठ आदि प्रसिद्ध स्थानों में भी आने वाले समय में रोपवे निर्माण किया जाएगा स्लग राजकीय अनुदान आंवटन पश्पालन महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्षो में गौसदनों को दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी

कार्यक्रम के दौरान बकरी पालन करने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया गया

इस रेलवे लाइन के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह प्रशस्त होगी भारतीय रेलवे द्वारा उत्तराखण्ड में किये गये कार्यों पर प्रकाशित पुस्तक नई रेलवे नया उत्तराखण्ड का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में देश विदेश के सैलानी और श्रद्वाल आते हैं उनकी सुविधा के लिए यातायात के संसाधनों को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सम्पर्क के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं उन्होंने पर्यटन की सम्भावनाओं और जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही योजनाओ की समीक्षा की उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना और दीन दयाल आवासीय होम स्टे योजना के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के भी निर्देश दिये हैं साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश भी दिये ताकि विदेशी सैलानी भी यहां ज्यादा संख्या में पहुंचे

जिसके बाद अब इन गांव के लोगों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सुविधा मिलने से ग्रामीणों को सहलियत होगी तो वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकृश लगेगा

जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग गांवों मोहल्लों कस्बों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन रथों को हरी झन्डी दिखाकर मास्टर ट्रेनरों के दिशा निर्देश में रवाना किया गया

यह रथ लगभग एक महीने तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे

राज्यनसभा ने कल रात इसे पास किया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

मूख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई वाईस एयर मार्शल ओपी तिवारी ने कहा कि एक्स सर्विसमैन उत्तराखंड के दूरदराज गावों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

इस जीत के साथ ही उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी के नॉक आउट मुकाबले में पहंच गई है खेलमंत्री अरविंद पांडेय ने इस ऐतिहासिक जीत पर टीम के खिलाड़ियों और प्रदेशवासियों को शुभकानाएं दी